प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान केवल आवश्यक सेवा में लगे लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए

इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर ना निकले ना सड़क पर जाये ना मोहल्ले में या सोसायटी में इकडे हों अपने घरों में ही रहें

श्री मोदी ने देशवासियों से डॉक्टरों चिकित्सा कर्मियों और सफाई कर्मचारियों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि रविवार शाम पांच बजे पांच मिनट के लिए हर व्यक्ति अपने घर की बालकनी खिड़की या दरवाजे पर आकर ताली थालो बजाकर इन सेवा कर्मियों को धन्यवाद दे और उनका हौसला बढ़ाए उन्होंने लोगों से जहां तक संभव हो घर से काम करने और अत्यंत आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी उपाय कर रही है उन्होंने लोगों से घबराहट में खरीदारी नहीं करने की अपील की बाइट मैं देशवासियों को इस बात के लिये भी आश्वस्त करता हूं कि देश में दूध खानेपीने का सामान दवाईयां जीवन के लिये जरूरी आवश्यक चीजों की कमी ना हो इसके लिये तमाम कदम उठाये जा रहे हैं यह सप्लाई कभी रोका नहीं जायेगा इसलिये मेरा सभी देशवासियों से यह आग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड़ ना लगायें आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान्य रूप से खरीदारी करें पैनिक बाइंग यह कतई ठीक नहीं है प्रधानमंत्री ने व्यवसायी समुदाय से अपने कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों को ध्यान रखने को कहा और काम पर आने में असमर्थ होने की स्थिति में उनका वेतन नहीं काटने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यबल गठित करने का फैसला किया है जो सभी पक्षों से बातचीत करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है उन्होंने कहा कि इस महामारी की रोकथाम के लिए संकल्प और संयम अनिवार्य है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये रविवार बाईस मार्च को सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू के पालन करने का लोगों से आहवान किया है उन्होंने अपने ट्वीटर संदेश में कहा कि हम सब संगठित होकर देश हित में इस कर्तव्य पालन का संकल्प ले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी हवाई अड्डों रेलवे स्टेशनों बस अड़डों सहित राज्य की सीमा पर सघन चेकिंग करने के निर्देश दिये हैं

नगर विकास विभाग द्वारा शहरी इलाकों में नियमित फागिंग की व्यवस्था सूनिश्चित की जाये श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में खाद्यान सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता है सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी अथवा कालाबाजारी न होने पाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील दिवस समाधान दिवस मूख्यमंत्री आरोग्य मेला तथा जनता दर्शन का आयोजन दो अप्रैल तक स्थगित रहेगा

कोरोना वायरस के चार और नये मामलों की पुष्टि के बाद लखनऊ के केजीएमयू में इस वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है इनमें से आठ लोग लखनऊ और एक लखीमपुर खीरी के रहने वाले है वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में तेईस लोग इस बीमारी से प्रभावित ह वॉलीवुड की एक प्रसिद्ध गायिका क भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के बाद उन्हें लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है खबरों के अनुसार गायिका कुछ दिन पहले लन्दन से लखनऊ आई थी यहां वह पार्टी में शामिल हुई थी जिसमें नौकरशाह राजनेता और कई अन्य लोग शामिल हुए थे उधर आगरा स आठ गाजियाबाद से दो और नोएडा से चार मरीज कोरोना संक्रमित पाये गये हैं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर में सर्तकता और सावधानी बरती जा रही है विभिन्न जिलों में सफाई कर्मियों द्वारा नगर निगम क्षेत्रों में साफ सफाई के साथ कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है अयोध्या में रामनवमी की पूर्व संध्या पर होने वाली रामकोट की परिक्रमा भी स्थगित कर दी गई है रामकोट की परिक्रमा की परिधि में ही रामलला का गर्भगृह आता है

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के चारों दोषी पवन गुप्ता विनय शर्मा अक्षय ठाकुर और मुकेश सिंह को आज सुबह दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई

दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने कल रात सजा पर रोक लगाने की दोषियों की अंतिम याचिका भी खारिज कर दी

इस मामले के दोषियों में से एक ने जेल में आत्म हत्या कर ली थी और एक अन्य किशोर अभियुक्त को तीन साल तक बाल सुधार गृह में रखे जाने के बाद रिहा कर दिया गया था निर्भया के माता पिता ने कहा कि यह सजा भविष्य में अपराधियों के लिए सबक बनेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निर्भया मामले के दोषियों की फांसी पर कहा है कि अतंतः न्याय हुआ एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है

प्रदेश में नकल व्यवसाय बन गया था परन्तु तकनीकी के प्रयोग से उस पर नकेल कसी गई है प्रदेश सरकार के तीन वर्ष की उपलब्धियों को अविस्मरणीय बताते हुए उन्होंने कहा कि इन वर्षो में विकास और बदलाव की जो इबारत लिखी गई है उसने प्रदेश के बारे में देश और द्निया को नये तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है

नई तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट रोजाना देखने की सलाह दी गई है